अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री बलरामपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि चाहे जो भी परिस्थितियां निर्मित हो छत्तीसगढ़ सरकार अपने किसानों का धान पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से ही खरीदेगी इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों और किसानों से सहयोग और समर्थन का आग्रह किया है मुख्यमंत्री आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम श्रीकोट में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री बघेल ने चांदो को तहसील बनाने की घोषणा की इस मौके पर उन्होंने सामरी विधानसभा क्षेत्र में उनसठ करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री कल सूरजपुर कोरिया और सरगुजा जिले के प्रवास पर रहेंगे इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे डीजीपी निर्देश पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मामले के संबंध में पारित किए जाने वाले संभावित निर्णय के मद्देनजर प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं श्री अवर्स्थी ने आज वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग के माध्यम से ये निर्देश जारी किए इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता हिमांशु गुप्ता ने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए मुख्य सचिव सफाई मुख्य सचिव आरपी मंडल ने शहरों की साफ सफाई बिजली आपूर्ति और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि आठवें दिन वे स्वयं किसी नगरीय इलाके का निरीक्षण करेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जोन कमिश्नर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी श्री मंडल ने आज राजधानी में रायपुर बिलासपुर दुर्ग भिलाई और कोरबा के नगर निगम आयुक्तों और जोन कमिश्नरों की बैठक ली इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी रायपुर को सुंदर बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जाए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुबह छह बजे से अपने अपने शहरों के वार्डों का भ्रमण करें और स्वयं सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें एयर इंडिया फ्लाइट अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार भुवनेश्वर से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर छह सौ सत्तर को आपात रिथिति में अब से कुछ देर पहले रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उतारा गया है इस विमान के बाएं इंजन में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित और सकुशल हैं इस कारण रायपुर विमानतल पर आने वाली अन्य फ्लाइट को फिलहाल कुछ समय के लिए डायवर्ट किया जा रहा है नये कृषि महाविद्यालय कोरबा जिले के कटघोरा में आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश के पच्चीसवें कृषि महाविद्यालय का उद्घाटन किया इस महाविद्यालय में चौबीस छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सकेंगे इसके लिए सरकार ने इकहत्तर हेक्टेयर जमीन आवंटित की है महाविद्यालय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है उद्घाटन के मौके पर कृषि मेला और युवा महोत्सव का भी आयोजन किया गया बिलासपुर गिरोह बिलासपुर में रेल पुलिस बल ने जीआरपी की मदद से रेल यात्रियों से चलती ट्रेन में मोबाइल छीनकर भागने वाले गिरोह का भांडाफोड किया है इस गिरोह के सदस्यों के पास से एक लाख तिहत्तर हजार रूपये के आठ मोबाइल बरामद किए गए हैं ये लोग या तो चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भाग जाते थे या फिर ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर खड़े लोगों के हाथ पर किसी चीज से वार करते थे जिससे यात्री का मोबाइल फोन गिर जाए और फिर उसे उठाकर भाग जाते थे बीते कुछ दिनों में इस तरह की अनेक घटनाओं के सामने आने के बाद रेल पुलिस ने यह कार्रवाई की है लोकवाणी मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौथी कड़ी का प्रसारण दस नवम्बर रविवार को होगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से किया जाएगा यह रेडियोवार्ता सुबह साढ़े दस बजे शुरू होगी लोकवाणी में इस बार का विषय नगरीय विकास का नया दौर रखा गया है

इसी कड़ी में आज महासमुंद जिले में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया

कार्यक्रम की शुरूआत राज्यगीत अरपा पैरी के धार से की गई इस मौके पर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की परम्परा और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है कार्यक्रम के दौरान लोकगीत संगीत और नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं दुर्घटना रायगढ़ जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य यवक घायल हो गए मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ सारंगढ़ मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल चल रहे पांच युवकों को अपनी चपेट में ले लिया इस हादसे में दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वहीं घायल तीन अन्य युवकों को रायगढ़ के मेकाहारा में भर्ती कराया गया है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरदा की छात्राओं के साथ शाला के शिक्षकों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत पर सात शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिलीप वासनीकर को रायपुर संभागायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है वहीं राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा को छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी का चेयरमैन बनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की आगामी ग्यारह नवंबर को होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है जांजगीर चांपा जिले में एक रियल एस्टेट चिटफंड कंपनी के नाम से करीब ढाई करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने ग्वालियर से इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है बेमेतरा जिले के पंडित भगवती प्रसाद मिश्रा शासकीय हाईस्कूल अंधियारखोर के विद्यार्थियों ने शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होने के कारण आज सुबह स्कल के मुख्य द्वार पर ताला जड दिया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की बाद में प्राचार्य की समझाइश के बाद ताला खोल दिया गया पूर्व गृहमंत्री नंदकृमार पटेल की आज जयंती है इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने श्री पटेल को नमन करते हुए कहा कि वे जमीन से जुड़े जन नेता थे जो छत्तीसगढ़ को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखते थे महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं वर्षगांठ के मौके पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा धमतरी जिले के कुरूद और मगरलोड विकासखंड में गांधी जी के जीवन दर्शन और विचार को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के ग्राम दैमार में प्रवासी पक्षी ग्रेटर स्पाटेड ईगल देखा गया जो साइबेरिया में पाई जाती है रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के तत्वावधान में आगामी ग्यारह नवंबर को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा और देवउठनी एकादशी का पर्व आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है